भूटान में भारत की सहायता से स्थापित यह चौथा पनबिजली सयंत्र है दोनो नेताओ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित दक्षिण ऐसियाई उपग्रह के धरातल पृथ्वी स्टेशन का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर रुपे कार्ड के पहले चरण की भी शुरुआत की गई भारत और भूटान ने विज्ञान प्रौद्योगिकी ईंजीनियरिंग गणित तथा विधि क्षेत्र में दस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए तीन समझौते भूटान रॉयल विश्वविद्यालय और आई आई टी मुंबई कानपुर दिल्ली तथा एनआईआईटी सिलचर के बीच हुए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बेगलुरु और जिगे सिंगे विधि स्कूल ने विधि क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए एक अन्य समझौता भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी तथा भूटान के राष्ट्रीय विधि संस्थान के बीच हुआ एक अन्य समझौता विमान दुर्घटना और जांच से जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहायोग के लिए इसरो का भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार विभाग के बीच समझोता पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट भी जारी किया

प्रदेश के बारह जिलो के इक्यावन परीक्षा केंद्रो पर चौदह हजार सात सौ पैंतालीस उम्मीदवार है मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के अधिकारियो के साथ शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए तैयारियों की समीक्षा की ओर आवश्यक निर्देश दिये

स्थानीय विधायक बालो राजा ने हाल ही में इस महत्वपूर्ण परियोजना का निरीक्षण करते हुए अधिकारियो को निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों पर जोर दे रही है और युवाओ को खेल में आकर्षित करने के लिए बुनियादी सुविधाओ का विकास किया जा रहा है

इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित फ्यूल स्टेशन के खुल जाने से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी सीएनजी किफायती ईंधन होने के नाते उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक भी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई तेरहवी केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटीईटी इस वर्ष आठ दिसम्बर को आयोजित करेगा यह परीक्षा देश के एक सौ दस शहरो में बीस भाषाओ में होगी परीक्षा का विवरण पाठ्यक्रम भाषाए पात्रता मानदंड परीक्षा केंद्र और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखो वाली सूचना पुस्तिका सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर इस महीने की उन्तीस तारीख से ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी

वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थी दो दशक से दूरदर्शन समाचार से डुड़ी थी उन्होंने बड़ी चर्चा और तेजस्विनी जैसे कार्यक्रमो से टीवी पत्रिकारिता में एक अलग पहचान बनाई उन्हे टीवी पत्रकारिता में योगदान के लिए दो हजार अट्ठारह का नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मंयक अग्रवनाल ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा यह डी डी न्यूज परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है

इस अवसर पर विधायक ताना हाली तारा और तेची कासो भी उपस्थित थे श्री तारा ने युवाओ से समाज के उत्थान में योगदान देने की अपील की

आज अरुणाचल प्रदेश के प्रतिभागियो के लिए ईटानगर में आयोजित ऑडिशन में युवा प्रतिभाओ ने हिस्सा लिया पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में आगामी चौबीस अगस्त को ऑडिशन होगा नॉर्थ ईस्ट साईडल की संयोजक नाबाम अमजि ताजो ने बताया कि इस संगीत प्रतियोगिता के माध्यम से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के बीच आपसी सौहार्द की भावना को मजबुत करने और प्रतिभावान गायको को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है

आज का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया